नूरपुर में आज एक जनसभा में उन्होंने इसके लिए पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा की उन्होंने कहा कि इलाके में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूरा करने में हर संभव मद्द की जाएगी खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार विधायक राकेश पठानिया विक्रम जरयाल रीता धीमान अर्जुन ठाकुर राजेश ठाकुर व अरूण कुमार सहित अनेक अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि मॉडल छोटे किसानों और विशेषकर बागवानी के लिए अधिक कारगर है और इससे किसानों की आय को दोगुना करने में भी मदद मिलेगी बधाई पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की जीत पर प्रदेश पार्टी नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व व कार्यकर्ताओं को बधाई दी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती सांसद शांता कुमार वीरेन्द्र कश्यप राम स्वरूप शर्मा और वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य नेताओं ने कहा कि इस जीत से स्पष्ट है कि देश में न केवल भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ी है बल्कि जनता ने विपक्षी दलों के दुष्प्रचार को भी दरकिनार किया है इन नेताओं ने कहा कि भाजपा की यह जीत कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार करेगी बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोक निर्माण विभाग को नाहन क्षेत्र में खैरी का खाला खड्ड और मारकंडे नदी पर निर्माणाधीन पुलों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं

बिंदल ने बताया कि काला अम्ब से बि क्रम बाग बोहलियों क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और विकास के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी शिमला ज़िले में ठियोग जुब्बल कोटखाई और रोहड् में आज अभिनंदन समारोहों में उन्होंने कहा कि प्रदेश को विकास की नई उचाईयों पर ले जाने के लिए सरकार प्रयासरत है और इस दिशा में कई कार्यकम व योजनाएं बनाकर उन्हें लागू किया जा रहा है उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जन समस्याएं भी सुनीं बि क्र म ठाकुर उद्योग मंत्री बि क्रम ठाकुर ने कहा है कि समाज में हर व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित बनाना सरकार की प्राथमिकता है वे आज ऊ ना जिले के भटोली में एक शिक्षण संस्थान के कार्य क्र म में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए भविष्य में रोजगार मेले लगाए जाएंगे भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि संस्थान में एमबीए व एमसीए की कक्षाएं शुरू करने का मामला सरकार से उठाया जाएगा शिविर राज्य महिला आयोग ने शिमला जिले की ग्राम पंचायत थाना धार में आज एक महिला जागरूकता शिविर लगाया आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाक्र ने इसमें महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रयास के साथ साथ ऐसे शिविरों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जा रही है

राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाहटा ने हादसे पर दुख जताते हुए प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत सामग्री उपलब्ध करवाने को कहा है पैटू ोल पम्प लाहौल घाटी के तांदी छुरपक स्थित एक मात्र पैट्र ो ल पम्प के दिसम्बर से बंद होने पर लोग विशेषकर टैक्सी चालक परेशान हैं टैक्सी चालकों के अनुसार उनके पास तेल का स्टॉक खत्म है और पम्प न खुलने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है घाटी में बिजाई का कार्य शुरू होने को है ऐसे में पैट्र ोल न मिलने से किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है जनऔषधी सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में स्थापित जनऔषधी केंद्र में सस्ती दवाईयां न मिलने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

ऐसे में मरीजों को भारी भरकम दाम पर बाजार से दवाईयां खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है